प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाणिज्य संगठन एसोचैम की स्थापना सप्ताह के आयोजन को प्रमुख वक्ता के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री श्री रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान करेंगे श्री रतन टाटा टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे

चार सौ वाणिज्य संघों और व्यापारिक संगठनों वाले एसोचैम में देश में साढे चार लाख से अधिक सदस्य हैं एसोचैम भारतीय उद्योग जगत के ज्ञान का मुख्य स्रोत बनकर उभरा है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सरकारी भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तय समय सीमा र्म कार्य पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कल भवन निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भवनों के निर्माण के लिए चिन्हित जमीन का अतिक्रमण नहीं हो इसे सुनिश्चित किया जाए श्री सोरेन ने बनाए जाने वाले सरकारी भवनों की अलग पहचान होनी चाहिए और इन भवनों में झारखंड सरकार की झलक दिखनी चाहिए उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए बनाए जा रहे भवनों के प्रगति की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि विभिन्न विभागों के लिए कुल आठ सौ उनसठ भवनों का निर्माण कराया जा रहा है उन्होंने यह भी बताया कि रांची के रातू रोड और डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई गई है इसके अलावा गढ़वा और बोकारो में नए समाहरणालय भवन बनाने की भी योजना है

इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा अंठान्बे पूर्वी सिंहभूम से छत्तीस और रामगढ़ से इकतीस संक्रमित मिले हैं वहीं रांची से ही सर्वोधिक अंठानबे लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं

इनमें एक लाख नौ हजार आठ सौ इक्यान्बे लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा एक हजार आठ संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक हजार सात सौ सात है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर संतान्बे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो चुकी है जो देश के औसत से ज्यादा है

रामगढ़ के उपायुक्त ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रों का चयन करने का निर्देश सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों को दिया उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड चेन में सभी सुविधाएं दुरुस्त रखने को कहा उपायुक्त ने कोरोना टीकाकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की भी जानकारी ली उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जिलास्तरीय कोरोना टीकाकरण नियंत्रण कक्ष खोलने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री अब किसी जरूरतमंद को दस लाख रुपए तक अनुदान दे सकेंगे पहले अनुदान की सीमा एक लाख रुपए थी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष के शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और वित्त सचिव हिमानी पांडेय तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अमिताभ कौशल बैठक में शामिल थे राज्य के कृषि मंत्री बादल ने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है कृषि विशेषज्ञों के साथ उन्होंने टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से चार सौ किसानों से बात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली किसानों को कृषि और पश्पालन से संबंधित सुझाव भी दिए गए क्रषि मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए वे कृषकों से बातचीत जारी रखेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में बहुपक्षीय समन्वय रोकथाम और रोगियों पर केंद्रित बेहतर देखभाल के महत्व पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि देश में टीबी रोग को अधिसूचित सूचित रोग घोषित करने से इसकी पहचान करने और बगैर जानकारी के मामलों के अंतर को कम करने में मदद मिली है

डॉ वर्धन ने टीबी और छाती की बीमारियों से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन की प्लेटनियम जयंती को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि सरकार सभी टीबी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है

खूंटी जिले में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जेएसएलपीएस द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है

इन केंद्रों में आयुर्वेद योगा और प्राकृतिक चिकित्सा विधि से लोगों का इलाज निःशल्क किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कलकर्णी बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इन केंद्रों को खोलने की अनुमति दे दी है

इसके लिए आयुष डिस्पेंसरी को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में उत्क्रमित किया जाएगा आयुष हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के संचालन में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा सहयोग कियाँ जाएगा लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सीसीएल के तेतरिया खाड़ कोलियरी में कल शाम हथियार बंद अपराधियों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में चार लोग घायल हो गए इस दौरान उन्होंने पांच वाहनों को आग लगा दी अपराधी फायरिंग और वाहनों को आग लगाने के बाद घटनास्थल पर पर्ची छोड़कर भाग निकले इस घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य में उल्लंघन हो रहा है परिवहन सचिव ने अदालत को बताया कि छह सप्ताह में नियमावली बना ली जाएगी इसमें यह तय किया जाएगा कि वाहनों में पदनाम का बोर्ड लगाने के लिए कौन कौन अधिकृत होंगे अदालत ने नियमावली बनने के बाद उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में धनबाद नगर निगम के मुख्य अभियंता अजीत लुईस लकड़ा समेत चार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है

अब इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है राजधानी रांची के राजभवन के समीप पोस्टर चिपकाने के मामले में पुलिस ने पांच उग्रवादियों को कल गिरफ्तार कर लिया है इन उग्रवादियों के पास से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमिटि के कई बैनर भी मिले हैं जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि तेरह दिसंबर की रात उग्रवादियों ने ये पोस्टर चिपकाए थे इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी में ये उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं

मैदान में अब धरना प्रदर्शन जुलूस और अनशन करने और पांच से अधिक लोगों के जमा होने की इजाजत नहीं होगी चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड में एक रोजगार सेवक को चालीस हजार रुपए रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया उसके खिलाफ एक लाभुक ने डोभा और कूप निर्माण के एग्रीमेंट करने के नाम पर घूस मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी रामगढ़ जिले में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए चयनित योजनाओं को अनुमोदन देने के लिए अभिसरण समिति की बैठक हुई डीडीसी ने योजनाओं का क्रियान्वयन जल्द शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी पर्व आज मनाया जा रहा है इस सिलसिले में गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाया गया है अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रम्खता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक करोड़ पार करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लातेहार में सीसीएल के तेतरियाखाड़ कोलियरी में अपराधियों द्वारा की गई अंधाधंध फायरिंग और वाहनों को आग के हवाले किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है सीजन का सबसे ठंडा दिन रांची का पारा एक दिन में छह डिग्री गिरकर आठ दशमलव छह पहुंचा दैनिक हिंदुस्तान ने वाहनों में नेमप्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करे इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश की खबर को प्रम्खता से प्रकाशित किया है प्रधानमंत्री ने कहा रातोंरात नहीं किए गए कृषि सुधार शीर्षक से दैनिक जागरण ने खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए गए निर्देश से संबंधित खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाथरथ दुष्कर्म मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जसीट दायर करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है